कहा व्यापक जागरूकता पैदा कर संक्रमण के फैलाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड नाइन्टीन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कल देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्य सरकारों को भी समूचे एनसीआर क्षेत्र में कोविड नाइन्टीन महामारी का प्रकोप कम करने के लिए ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन नीति आयोग के सदस्य कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने और विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के लिए प्रदेश में शुक्रवार रात दस बजे से विभिन्न प्रतिबंध लागू हैं कल सुबह पांच बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं शहरों कस्बों और गांवों में आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी आवागमन पर रोक है रेल और हवाई यातायात के अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन और माल की ढ्लाई को इन प्रतिबंधों से छूट दी गयी है औद्योगिक इकाईयां सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए संचालित की जा रही हैं धार्मिक स्थल भी खुले हैं उधर प्रतिबंधों के दौरान कल प्रदेश में बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे सड़कों पर आवश्यक सेवाओं के वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहन नहीं चले लोग भी घरों में रहकर प्रतिबंधों का पालन कर कोरोना महामारी पर नियंत्रण में सरकार और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई कर रही है

सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन दिवसीय विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है जो कल तक जारी रहेगा

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के दौर में स्वस्थ समाज की स्थापना के लिये नये स्तर से प्रयास करने की जरूरत है उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को लगाये गये प्रतिबंधों के दौरान कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिये सैनिटाइजेशन स्वच्छता और फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है

इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही जिससे हम लोगों ने सटरडे और सन्डे दोनों का उपयोग हमने किया है क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादार बंद होते है और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके अगर दो दिनों के लिये अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को ही बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता सेनेटाइजेशन और फांगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अन्दर चला दे द्रसरा सर्विलांश टीम के गठन के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग व्यवस्था रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेटेक्ड केस की जांच करना और फिर कोविड हास्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है वहां पर उन्हें यह व्यवस्था दे सकेंगे तो काफी हद तक मृत्युदर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के अट्ठारह मंडलों में कोविड नाइन्टीन की जांच के लिये टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की गई है

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है यह प्रक्रिया गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई है कोविड नाइन्टीन वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सुरक्षा निष्पक्षता और समान अवसर के मानदंड शामिल किए गए हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष तीस सितम्बर तक विश्वविद्यालयों में सभी टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन या दोनों तरीके से आयोजित की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिये जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यन्त आवश्यक है वह कल अपने सरकारी आवास पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का श्भारम्भ एवं कोविड नाइन्टीन की जांच के लिये नवसूजित मंडलीय बीएसएल टू प्रयोगशालाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंडलों में कोविड नाइन्टीन की जांच के लिये टेस्टिंग लैब उपलब्ध हो गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सकारात्मक प्रयासों से इंसेफेलाइटिस सहित कई बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा सही समय पर सही फैसले लिये गये जिसका परिणाम है कि भारत एक बेहतर स्थिति में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग में संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों के नमूने लेकर जांच कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि जांच के पश्चात अस्वस्थ पाये गये लोगों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने लोगों को कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिये जागरूक किये जाने और टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिये हैं कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे और साथियों से जुड़े मामलों की जांच विशेष जांच दल से कराने का निर्णय लिया गया है अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड़डी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक जेरविन्द्र गौड़ विशेष जांच दल के सदस्य नामित किये गये हैं एसआईटी को घटना से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं प्रकरण की गहन अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच करके आगामी इकत्तीस जुलाई तक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं गृह मंत्रालय ने मीडिया में प्रचारित ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि कोविड नाइन्टीन निगरानी समिति का गठन किया गया है गृह मंत्रालय ने बताया कि इस प्रकार की कोई समिति नहीं बनी है और लोगों को इस प्रकार की गलत खबरों और अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए